प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने भरोसा दिलाया है कि भारत सुरक्षित हाथों में है और वे देश को झुकने नहीं देंगे

स्वास्थ्य मंत्री ने प्रदेश के सभी अस्पतालों में स्वाइन फ्लू की जांच के साथ ही पर्याप्त दवाइयां उपलब्ध कराने के दिए निर्देश एयर स्ट्राइक भारतीय वायुसेना ने आज तड़के पाकिस्तान में खैबर पखतुन्ख्वा के बालाकोट में जैश ए मोहम्मद के सबसे बड़े आतंकी शिविर पर हमला कर उसे नष्ट कर दिया विदेश सचिव विजय गोखले ने नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में बताया कि विश्वस्त सुत्रों से जानकारी मिली थी कि जैश ए मोहम्मद भारत में और आत्मघाती आतंकी हमलों की कोशिश कर रहा था और इसके लिए आतंकवादियों को प्रशिक्षण दे रहा था इस हमले में जैश ए मोहम्मद के बड़ी संख्या में आतंकवादी प्रशिक्षु वरिष्ठ कमांडर और जिहादी मारे गए हैं श्री गोखले ने बताया कि जैश ए मोहम्मद ने भारत में कई आतंकी हमले किए हैं उन्होंने बताया कि इन प्रशिक्षण शिविरों की स्थिति के बारे में पाकिस्तान को जानकारी दी गई थी लेकिन उसने कोई ठोस कार्रवाई नहीं की

राजस्थान के चुरू में आज एक जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि वे देश का शीश झुकने नही देंगे प्रधानमंत्री ने सशस्त्र सेनाओं को पराक्रम को भी सलाम किया आज चुरू की धरती से मैं देशवासियों को विश्वास दिलाता हूं कि देश सुरक्षित हाथों में हैं सौगंध मुझे इस मिट्टी की मैं देश नहीं मिटने दूंगा मैं देश नहीं रूकने दूंगा मैं देश नहीं झुकने दूंगा मेरा वचन हैं मेरा वचन हैं भारत मां को तेरा शीश झुकने नहीं दूंगा विभिन्न राजनीतिक ्दलों ने पांकिस्तान में आतंकी शिविरों पर भारत के हमले का स्वागत किया है भारतीय जनता पार्टी ने कहा है कि यह कार्रवाई प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की दुढ़ राजनीतिक इच्छा शक्ति की परिचायक है पार्टी अध्यक्ष अमित शाह ने अपने ट्वीट में कहा है कि यह कार्रवाई नये भारत की द्रढ़ इच्छा शक्ति और संकल्प को रेखांकित करती है कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने वायुसेना के पायलटों की सराहना की है उन्होंने ट्वीट कर कहा कि पार्टी वायुसेना की भूमिका के लिए उसे सलाम करती है विधानसभा एयर स्ट्राइक वहीं छत्तीसगढ़ विधानसभा में आज सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों के सदस्यों ने पाकिस्तान में आतंकी शिविरों पर भारत के हमले का स्वागत किया और सेना के जवानों के साहस को सलाम किया सदन की कार्यवाही शुरु होते ही नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक ने कहा कि पुलवामा आतंकी हमले पर हमारे एयरफोर्स के जवानों ने आज तड़के जो जवाबी कार्रवाई की इसके लिए प्रधानमंत्री गृह मंत्री और रक्षा मंत्री बधाई के पात्र हैं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि वायु सेना ने जो कार्रवाई की वह अतुलनीय है पूरा देश भारतीय सेना के साथ है सिद्ध हो गया कि भारतीय सेना विश्व में श्रेष्ठ है सेना की इस जवाबी कार्रवाई का हम समर्थन करते हैं संसदीय कार्य मंत्री रविन्द्र चौबे ने कहा कि आज पूरा देश सेना पर गर्व कर रहा है वहीं पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने टवीट कर कहा कि आज भारतीय सेना ने बालाकोट में आतंकी ठिकानों को तबाह कर पुलवामा के शहीदों को सच्ची श्रद्वांजलि दी है बारह दिनों के भीतर सर्जिकल स्ट्राइक कर भारतीय सेना ने बता दिया कि जब भी वो हमारी सेना से टकराएंगे उन्हें ऐसे ही जवाब दिया जाएगा उच्चतम न्यायालय अयोध्या उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद भूमि विवाद को आपसी सहमति से निपटाने का एक और प्रयास किया जाना चाहिए प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पांच सदस्यीय पीठ ने कहा कि वह इस मामले को न्यायालय द्वारा नियुक्त मध्यस्थ के जरिये निपटाने के बारे में आदेश अगले महीने की पांच तारीख को सुनाएगी

वे विशेष विमान से बिलासपुर के चकरभाटा विमानतल पहंचेंगे उसके बाद वे बिलासपुर के लाल बहादुर शास्त्री स्कूल मैदान में आयोजित भाजपा शक्ति केन्द्र सम्मेलन को संबोधित करेंगे श्री सिंह कल शाम ही बिलासपुर से सीधे दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे वहीं आज भाजपा द्वारा राज्य में कमल ज्योति संकल्प कार्यक्रम मनाया जा रहा है रायपुर में आयोजित इस कार्यक्रम में पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह और प्रदेश अध्यक्ष धरमलाल कौशिक शिरकत कर रहे हैं इसके तहत जिला मंडल और बूथ स्तर पर कमल रंगोली तथा दीप प्रज्ज्वलन जैसे कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं माओवादी घटना दंतेवाड़ा जिले के कटेकल्याण थाना क्षेत्र के कलेपाल में गश्त पर निकली पुलिस पार्टी पर माओवादियों ने आईईडी विस्फोट किया इस हमले में एक एएसआई घायल हो गया है जिसे जगदलपुर मेडिकल कॉलेज में दाखिल कराया गया है वहीं राजनांदगांव जिले के बकरकट्टा थाना क्षेत्र में साबरदानी पहाड़ी पर सुरक्षा बलों ने माओवादियों द्वारा बड़ी मात्रा में छिपाकर रखे गए दैनिक उपयोग के सामान और राशन बरामद किया है डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड डीआरजी स्पेशल टास्क फोर्स एसटीएफ और भारत तिब्बत सीमा पुलिस आईटीबीपी की संयुक्त कार्रवाई में यह सफलता मिली है इधर नारायणपुर जिले के अबूझमाड़ इलाके के कलमानार में माओवादियों ने एक निर्माणाधीन भवन के साथ ही पानी टैंकर और मिस्त्रियों के सामान को आग के हवाले कर दिया

नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक ने कहा कि इस योजना के तहत हर साल किसानों के खाते में छह हजार रूपये केंद्र सरकार देगी दूसरे प्रदेशों में किसानों को इस योजना का लाभ मिलना शुरू हो गया है लेकिन छत्तीसगढ़ के किसान इससे वंचित हैं विपक्ष ने इस पर स्थगन प्रस्ताव लाकर चर्चा कराए जाने की मांग की इस बीच विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत ने ध्यानाकर्षण पढ़ने के लिए बसपा विधायक इंदु बंजारे का नाम पुकारा इस पर भाजपा विधायक शोर मचाकर अपना विरोध दर्ज करने लगे जिससे अध्यक्ष को सदन की कार्यवाही पांच मिनट के लिए स्थगित करनी पड़ी इसके बाद गर्भगृह तक पहंच चुके बारह भाजपा सदस्य विधानसभा के नियमानुसार स्वमेव निलंबित हो गए विस बहिर्गमन विधानसभा में आज भाजपा सदस्यों ने यूनिवर्सल हेल्थ स्कीम के मामले को लेकर स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव के जवाब से असंतृष्ट होकर सदन से बहिर्गमन कर दिया नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक और भाजपा विधायक अजय चंद्राकर ने जानना चाहा कि सरकार यह स्कीम कब लागू कर रही है और इस योजना में कितने रूपये तक का इलाज होगा इसके जवाब में स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि इसमें समय लगेगा सरकार लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं देने की दिशा में काम कर रही है इसके बाद स्वास्थ्य मंत्री के जवाब से असंतृष्ट होकर भाजपा सदस्य नारेबाजी करते हुए सदन से बाहर चले गए श्रोता विधानसभा में आज हुई कार्यवाही की विस्तृत समीक्षा आकाशवाणी रायपुर से आज रात आठ बजकर बीस मिनट पर प्रसारित की जाएगी

अनुदान मांग रूद्रकुमार प्रदेश में ग्रामीण क्षेत्रों में बीपीएल परिवारों को मुफ्त नल कनेक्शन देने के लिए मिनीमाता अमुत धारा नल योजना शुरू की जाएगी इसके लिए बजट में दस करोड़ रूपए का प्रावधान किया गया है कल विधानसभा में लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग की अनुदान मांगों पर चर्चा के दौरान मंत्री गुरू रूद्रक्मार ने बताया कि इस योजना से अटहत्तर लाख जनसंख्या और तैंतीस लाख परिवार को लाभ मिलेगा उर्न्होने बताया कि अगले साल से राजीव गांधी सर्वजल योजना भी शुरू की जाएगी इस योजना के अंतर्गत दर्ग संभाग के साजा समूह जल प्रदाय योजना में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में वाटर फिल्टर स्थापित कर पैकेज्ड वॉटर उपलब्ध कराया जाएगा स्वास्थ्य मंत्री स्वाइन फ्लू समीक्षा लोक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री टीएस सिंहदेव ने प्रदेश के सभी अस्पतालों में स्वाइन फ्लू की जांच की व्यवस्था करने के साथ ही पर्याप्त दवाइयां उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं उन्होंने आज विधानसभा परिसर में विभागीय अधिकारियों और विशेषज्ञों की बैठक में प्रदेश में स्वाइन फ्लू की स्थिति की समीक्षा की उन्होंने संभावित मरीजों की जांच रिपोर्ट का इंतजार किए बिना तत्काल उन्हें इलाज मुहैया कराने को कहा श्री सिंहदेव ने स्वाइन फ्लू से बचाव और रोकथाम के लिए सभी जिलों में जन जागरूकता अभियान संचालित करने के भी निर्देश दिए बैठक में अधिकारियों ने बताया कि आम नागरिक स्वाइन फ्लू के संबंध में अधिक जानकारी के लिए निःशुल्क आरोग्य सेवा एक शून्य चार पर फोन कर जरूरी स्वास्थ्य परामर्श ले सकते हैं आदिरंग महोत्सव पारंपरिक बाजे गाजे के साथ खैरागढ़ इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय का आदिरंग महोत्सव कल शुरू हआ तीन दिवसीय इस महोत्सव में पंद्रह राज्यों के कलाकार भाग ले रहे हैं पंडवानी गायिका पदम विभूषण तीजन बाई ने इस महोत्सव का शुभारंभ किया कार्यक्रम में विश्वविद्यालय की कुलपति डॉक्टर मांडवी सिंह भी मौजूद थी स्वस्थ भारत यात्रा राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की एक सौ पचासवीं जयंती के उपलक्ष्य में निकाली जा रही स्वस्थ भारत यात्रा देश के अलग अलग जगहों से गुजरती हुई आज बिलासपुर पहुंची यात्रा दल ने सिम्स और जिला अस्पताल के जनऔषधि कोन्द्रों का जायजा लिया यह दल छत्तीसगढ़ में रायपुर कुरूद धमतरी कांकेर केशकाल और बिलासपुर का दौरा करने के बाद आज ओडिशा के कटक के लिए रवाना हो गया गौरतलब है कि इस यात्रा के जरिये लोगों को जनऔषधि पोषण और आयुष्मान भारत योजना के बारे में जानकारी दी जा रही है

स्कूल शिक्षा विभाग ने आज तैंतालीस जिला शिक्षा अधिकारियों और प्राचार्यो के स्थानांतरण आदेश जारी कर दिए हैं